शिमला में आज प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के न्यूज़ लैटर का विमोचन करने के बाद उन्होंने ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कोरोना महामारी से बचाव के दृष्टिगत लगाए गए लॉकडाउन के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गृह शिक्षण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से दूरदर्शन ज्ञानशाला कार्यकम शुरू किया गया है जयराम ठाकुर ने स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा वैदिक गणित और व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की ज़रूरत भी बताई मुख्यमंत्री ने बोर्ड को सभी परीक्षा केन्द्रों में सीसीटीवी लगाने को भी कहा ताकि परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को अनुचित साधनों का उपयोग करने से रोका जा सके इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे

खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने एफसीआई से कहा है कि वह राज्यों से अनाज की खरीद व वितरण का कार्य शीघ्र पूरा करे

गोविंद ठाकुर वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौर में केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों व ज़रूरतमंदों की भरपूर मदद की जा रही है

उन्होंने असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों से केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है कुलदीप राढौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य में कोरोना संकमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है उन्होंने कोरोना संकमण के बढ़ते मामलों के लिए राज्य सरकार को ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की प्रदेश की सीमाओं पर सही ढंग से जांच नहीं की गई राठौर ने कहा है कि कोरनो माहमारी को लेकर सरकार के सारे दावे और इंतजाम खोखले साबित हो रहे हैं उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है लेकिन जनविरोधी फैसलों पर सरकार का विरोध किया जाएगा

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा

आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा टिड्डी अर्लट रेगिस्तानी टिड्डियों के संभावित आक्रमण को देखते हुए प्रदेश के चार जिलों में अलर्ट जारी किया गया है कृषि विभाग के निदेशक आरके कौंडल ने बताया कि बड़े पैमाने पर पड़ौसी राज्यों में टिड्डियों द्वारा फसलों को नष्ट करने की सूचना मिली है और प्रदेश में भी इनके आक्रमण की आशंका है उन्होंने कहा कि कांगड़ा ऊना बिलासपुर और सोलन जिले हाई अलर्ट पर है कौंडल ने कहा कि टिड्डियों की गतिविधियों पर निरंतर नजर रखने और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए फील्ड अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं डीसी कुल्लू कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कहा है कि जिले में क्वारंटीन सैंटर के लिए अधिगृहित किए गए शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह सैनिटाइज़ करने के बाद ही संस्थान प्रमुखों को वापिस सौंपा जाएगा